वे आज राष्ट्री पंचायत राज दिवस पर देशभर की ग्राम सरपंचों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र दो गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है बाइट आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया न लॉकडाउन के शब्द का प्रयोग किया बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया आपने सिम्पल सा मैसेज दे दिया दो गज दूरी का या कहे कि दो गज देह की दूरी का इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अदभुत काम किया है दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं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 इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी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

एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरूआत ई ग्राम स्वराज यानी सिम्पलीफाईड वर्क वेट अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है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 इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्वतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर गामीण आवास भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है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

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से किसानों को आर्थिक मदद पहुंचायी जा रही है किसान समय से अपनी रबी की फसल की कटाई कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए पात्र किसानों को दो हजार रुपये की आर्थिक मदद पहुंचायी गयी है हाथरस में किसानों को इस योजना का लाभ मिला है किसानों के खाते में दो दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी है किसानों ने इस सहायता का उपयोग गेंहू की फसल काटने में किया है सरकारी खरीद केंद्रो पर वे अपना गेहू बेचने के लिए भी ला रह हैं एसे में इस आर्थिक सहायता से किसानों को काफी लाभ मिला है यहां के किसान रामबाबू बताते हैं किसान सम्मान निधि मिल जाने से इनको कर्ज नहीं लेना पड़ा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

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों का निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर इसी प्रकार की प्रस्तति तैयार करें

प्रधानमंत्री ने इस कडो के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है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

इन जिलों में संक्रमण के बीस या उससे अधिक मामले पाये गये हैं उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारियों में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रशासन पुलिस और चिकित्सा कर्मियों के समन्वय तथा अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंधों को बेहतर बनाने की आवश्यकता बताई

श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हॉट स्पॉट स्थानों में किये जा रहे अच्छे काम की विश्व में सराहना की जा रही है उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोई में भी भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

दो सौ छह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है

प्रदेश के पूर्वाचल इलाके के बस्ती जिले में चलने वाले ऐसे ही एक सामुदायिक रेडियो किसान कम्युनिटी रेडियो के स्टेशन मैनेजर अतुल शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि वो आजकल अपने श्रोताओं को कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी लगातार देने को साथ ही आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की भी अपील कर रहे हैं

कोरोना महामारी को लेकर के लोगों के बीच नये नये प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने से संबंधित बाकी बताया जा रहा है एक अन्य सामुदायिक रेडियो रेडियो बदायूं से भी दूसरे मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ ही कोरोना से जुड़े अपने कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है रेडियो बदायूं से जुड़े गजेन्द्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि उनका चैनल जिला प्रशासन की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ ही आकाशवाणी के समाचारों का भी प्रसारण करता है ताकि लोगों तक प्रामाणिक खबर पहुंच सके उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच गलतफहमियों को दूर करने के लिए वो डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लाइव और रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी प्रसारित करते हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रमजान के महीने में मुस्लिम धर्म गुरूओं ने रोजेदारों से सहरी और इफ्तार के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की अपील की है साथ ही नमाज भी घर पर ही पढ़ने की सलाह दी है लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का सम्मान करते हुए वे मस्जिद के बजाय घरों में ही नमाज पढ़े मस्जिद में रहने वाले ही वहां नमाज अदा करेंगे उन्होंने सभी से देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिये दुआ करने तथा इफ्तारी की धनराशि से गरीबों को भोजन कराने की अपील की उन्होंने शारीरिक दूरी का भी कड़ाई से पालन करने की अपील की

उन्होंने भी गरीबों की मदद और शारीरिक दूरी बनाये रखकर इबादत करने की अपील की रमजान का चाँद दिख गया है